उन्होंने कहा कि स्थानीय उत्पादों का उपयोग करना हमारा संकल्प और दायित्व है प्रधानमंत्री ने कल वाराणसी में वीडियो काफ्रेंस के जरिए कल छः सौ चौदह करोड रुपये लागत की कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी और अनेक परियोजनाओं का उदघाटन किया श्री मोदी ने कहा कि इससे समुची स्थानीय अर्थव्यवस्था में नई चेतना का संचार होगा लोकत के लिए वोकत वोकल फॉर तोकत इसके साथ ही लोकल फॉर दीवाली इसके मंत्र को इसकी गूंज चारों तरफ अब सुनाई देने तगी है

हर एक व्यक्ति जब गर्व के साथ तोकल सामान खरीदेगा लोकल की वर्चा करेगा लोकल प्रोडक्ट का गौरव करेगा नये नये लोगों तक ये बात पहुंचाएगा कि हमारे लोकल प्रोडक्ट कितने अच्छे हैं कितने शानदार हैं किस तरह हमारी पहचान है तो यह बातें दुर दुर तक जायेगी प्रधानमंत्री ने कहा कि वाराणसी में जो विकास परियोजनाएं चल रही हैं उनके अंतर्गत शहर और लोगों के जीवन के हर पहलू का ध्यान रखा जा रहा है मां गंगा की स्वच्छता से लेकर स्वास्थ्य सेवाओं तक रोड़ और इन्फ्रास्ट्रक्वर से लेकर पर्यटन तक बिजली से लेकर युवाओं के लिए खेलकूद तक और किसान से लेकर गांव गरीब तक हर क्षेत्र में बनारस विकास की नई गति प्राप्त किये हुए है हाल में बनाए गए कृषि से संबंधित कानूनों का जिक्र करते हए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि इससे किसानों को बिचौलियों से बचाने में मदद मिलेगी उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री स्व निधि योजना से रेहड़ी पटरी और फेरी वालों को कोरोना महामारी की मुसीबतों से छटकारा दिलाने में मदद मिली है उन्होंने कहा कि सम्पत्ति कार्ड योजना से गांवों में जनीन जायदाद संबंधी कई विवादों का समाधान करने में मदद मिलेगी प्रदेश में विघानसभा की सात सीटों के उपचनाव की मतगणना में भाजपा पांच सीटों पर आगे चल रही है बलंदशहर सीट से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी ऊषा सिरोही आगे चल रही हैं ट्डला सीट से भाजपा के प्रेमपाल सिंह आगे हैं बांगरमऊ से भाजपा के श्रीकान्त कटियार बढ़त बनाये हये हैं घाटमपुर से उपेन्द्र नाथ पासवान अपने निकटतम प्रतिद्वन्दी कॉग्रेस पार्टी के डॉक्टर कृपाशंकर से आगे चल रहे हैं देवरिया सीट से भाजपा प्रत्याशी सत्य प्रकाश मणि त्रिपाठी उर्फ गृडड बाव बढत बनाये हये हैं मल्हानी सीट से सपा के लकी यादव निर्णायक जीत के तरफ बढ रहे हैं नौगावां सादात से समाजवादी पार्टी के जावेद अब्बास भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी संगीता चौहान से बढ़त बनाये हुये हैँ देश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने की दर बढ़कर बान्नबे दशमलव पांच छह प्रतिशत हो गयी है उन्यासी लाख सत्रह हजार तीन सौ तिहत्तर मरीज अब तक ठीक हो चुके हैं कोविड रोगियों की संख्या ग्यारह दिन से लगातार छह हजार से नीचे बनी हई है पिछले चौबीस घटों में सक्रिय मामलों में दो हजार नौ सौ बान्नबे की कमी आने से रोगियों की संख्या घटकर पांच लाख नौ हजार छः सौ तिहत्तर रह गई है

उन्होंने कहा कि कोविड संक्रमण की दर में कमी आ रही है लेकिन इसके बावज़द किसी भी स्तर पर लापरवाही और असाक्वानी जोखिमपूर्ण हो सकती है इसलिये संक्रमण की रोकथाम और उपचार की व्यवस्था चुस्त दुरूस्त रखी जाये

उन्होंने कहा कि हर जनपद में जिलाधिकारी और मुख्य चिकित्साधिकारी सुबह कोविड अस्पतालों में और शाम को इंटीग्रेटेड कमांड एण्ड कंट्रोल सेन्टर में नियमित रूप से बैठक आयोजित करे उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाये कि कोरोना संक्रमित मरीजों को उपचार हेत कोविड अस्पतालों में भेजने में कतई विलम्ब न किया जाये मुख्यमंत्री ने कोरोना संक्रमण के बारे में लोगों को लगातार जागरूक करने की आवश्यकता बताई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि धान क्रय के लिये स्थापित केन्द्रों पर किसानों को कोई असविधा नहीं होनी चाहिए और न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना का पूरा लाभ उन्हें मिलना चाहिए मुख्यमंत्री ने उच्च अधिकारियों के साथ बैठक में कहा कि किसानों को पराली जलाने से होने वाले पर्यावरण प्रदृषण के संबंध में जागरूक करते हये उन्हें इसे न जलाने के लिए कहा जाये किसानों को यह भी बताया जाये कि खेतों में पराली जलाने से भूमि की उर्वरा शक्ति कम हो जाती है श्री योगी ने राज्य के किसानों से अपील की है कि वे पराली न जलाये और इसके बजाय उसकी खाद बनाये उन्हॉने अधिकारियों को साफ निर्देश दिए हैं कि प्रतिबंधित पराली को जलाने वाले किसानों के खिलाफ की जा रही कार्रवाई के दौरान उनसे बिल्कुल भी दुर्व्यवहार न किया जाए